अगले दो दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

सोलह जनवरी से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान से पूर्व कल श्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर कुछ स्वार्थी लोग अफवाहों को हवा देने का काम कर सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में हम निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं

ये घरण है वैक्सीनेशन कर

श्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीके लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में तीन करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी

हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुख्ना में जुटे हुए थे जो हमारे रेल्य वर्कस है सरकारी रो या प्राइवेट पहले उनको टीका लगाया जाएगा इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी है दूसरे फर्टलाइन वर्कस है सैन्य बल है पुलिस और केंद्रीय बल है रोमगार्ठ है डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स समेत तमाम सिविल ठिफेंस के जवान हैं कंटेनमेंट और सर्विलेंस से जुडे रेवेन्यू कर्मचारी है ऐसे सावियों को भी पहले चरनों में भी टीका लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बनी कोविशील्ड और कोवाक्सिन दोनों ही किफायती हैं

हम कल्पना कर सकते है अगर मारत को कोरोना टीकाकरन के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्मर रहना पड़ता तो हमारी क्या हालत रोती कितनी बड़ी मुरिकल होती हम उसका अंदाज लगा सकते हैं ये देक्सीन मारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते दुए निर्मित की गई है मारत को टीकाकरण का जो अनुमव है जो दूए सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं है सो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में तीस करोड़ लोगों को टीका लगाना है बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने कोविड से निपटने में अन्य देशों की तुलना में बेहतर काम किया है उन्होंने राज्यों को केंद्र के साथ तालमेल बनाकर टीकाकरण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया प्रणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन का वितरण आज से शुरू हो गया है यह टीका पुणे हवाई अड्डे से देशभर के तेरह शहरों में भेजा जा रहा है जिसमें औरंगाबाद दिल्ली चेन्नई बेंगलुरू करनाल कोलकाता विजयवाड़ा हैदराबाद ग्रवाहाटी लखनऊ चंडीगढ़ और भूवनेश्वर शामिल हैं पहली उड़ान सुबह आठ बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई वैक्सीन भेजने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए गए और मिठाइयां बांटी गईं राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी के लिए वेबकॉस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है गौरतलब है कि राज्य में तीन सौ केन्द्रों को टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया है बाद में सरकार टीकाकरण सुविधा का सात सौ केन्द्रों तक विस्तार करेगी पटना में टीकाकरण कार्यक्रम की आईजीआईएमएस से शुरूआत होगी जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव नौ दो प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख इक्यावन हजार छह सौ चौवालीस लोग स्वस्थ्य हो चुके हैं वहीं इस वैश्विक महामारी से एक हजार चार सौ उनतालीस लोगों की मौत हुई है प्रदेश में आठवीं से लेकर नीचे की कक्षाओं को खोलने को लेकर अगले दो से तीन दिनों में फैसला किया जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं को खोलने की समीक्षा के बाद इस पर अंतिम फैसला होगा पछुआ हवा चलने के कारण राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश एकबार फिर ठंड और कोहरे की चपेट में आ गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी और पछुआ हवा के रूख को देखते हुए अगले दो दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है आज सुबह पटना में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा जिसका असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ा है बहुचर्चित सृजन घोटाले के दो मामले में सीबीआई ने चौंतीस आरोपियों के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है

इसके अलावा सृजन की अध्यक्ष श्रभ लक्ष्मी प्रसाद और सचिव रजनी प्रिया के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किये गये हैं राज्य सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के मानदेय में तेईस हजार रूपये तक की बढ़ोतरी की है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार अब पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को अड़सठ हजार पांच सौ पैंतालीस रूपये दूसरे वर्ष के छात्रों को पहचहत्तर हजार तीन सौ निन्यानवें और तीसरे वर्ष के छात्रों को बयासी हजार नौ सौ अड़तीस रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा गौरतलब है कि पिछले दिनों जूनियर डॉक्टरों ने मानदेय मे बढोतरी को लेकर नौ दिनों तक हड़ताल की थी राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी समर्थन मूल्य पर निर्धारित तिथि तक पैंतालीस लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर खरीद की अंतिम समय सीमा बढ़ायी जायेगी कृषि और सहकारिता मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी अभी धान खरीद की अंतिम समय सीमा इकतीस जनवरी है प्रदेश के माध्यमिक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला और दिव्यांग शिक्षकों के अंतर जिला तथा नियोजन इकाई तबादले के लिए मार्च महीने से आवेदन लिये जायेंगे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया भू राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि राज्य में जल्द ही तीन हजार आठ सौ राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मार्च महीने तक इसकी प्रक्रिया शुरू हो जायेगी बिहार लोक सेवा आयोग ने औरंगाबाद के एक परीक्षा केन्द्र पर छियासठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दोबारा आयोजित कराने का फैसला किया है गौरतलब है कि बी एल इंडो एंग्लियन पब्लिक स्कूल धनहरा में अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया था परीक्षा तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी दरभंगा हवाई अड्डे से अहमदाबाद के लिए विमान सेवा शुरू हो गयी है कल स्पाईस जेट के विमान ने दरभंगा से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी अररिया जिले की एक अदालत ने भरगामा थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार की हत्या के मामले में दोषी ठहराये गये मुन्ना दास को उम्र कैद की सजा सुनाई है वर्ष दो हजार पन्द्रह में थानाध्यक्ष की अपराधियों ने हत्या कर दी थी गया जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बोधगया स्थित एक मॉनेस्ट्री के संचालक को दोषी करार दिया है सजा के बिंदु पर तेरह जनवरी को सुनवाई होगी यह मामला दो हजार पन्द्रह का है गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बलथरी चेकपोस्ट के पास पुलिस ने एक ट्रक से लगभग दो हजार कछुए बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बरामद कछुए का बाजार मूल्य लगभग दो करोड़ रूपये बताया जाता है पश्चिम चंपारण जिले के खालवा टोला पिपरिया में वारंटियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गये भोजपुर जिले के आरा नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर शिवपुर मोहल्ले में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई गोलीबारी में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गयी बेगूसराय जिले के नया गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नावकोठी से पुलिस ने तीन अपराधियों को कार्रबाईन और पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा शहर के शास्त्रीनगर में आग लगने से कई घर और मवेशी जलकर नष्ट हो गये चेन्नई में खेले जा रहे सैय्यद मुश्ताक अली टी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट के प्लेट ग्रप के पहले मैच में बिहार की टीम ने अरुणाचल प्रदेश को पराजित कर दिया है औरंगाबाद में आयोजित सीनियर राज्य स्तरीय कृश्ती प्रतियोगिता के पचास किलो भार वर्ग में पटना की रश्मि कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है वहीं तिरपन किलो भार वर्ग में कैमूर की अनु गुप्ता पचपन किलो भार वर्ग में कैमूर की प्रनम कुमारी और संतावन किलो भार वर्ग में जूही कुमारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने से पूर्व प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने लिखा है वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर लगायें अंकुश प्रधानमंत्री ने सभी से सफल टीकाकरण अभियान सुनिश्चित करने की अपील की दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कोविशील्ड के एक दशमलव एक करोड़ डोज खरीदे एक डोज दो सौ दस रूपये का हिन्दुस्तान ने नये कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है कानूनों पर अमल रोकें वर्ना हम रोकेंगे प्रभात खबर की सुर्खी है हेलियस ग्रूप ऑफ कंपनी के पांच निदेशकों की संपत्ति होगी जब्त दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच ड्रा होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

अगले दो दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना